मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा राज्य सरकार संसाधनों की कमी दूर करने के लिए केंद्र से संपर्क में है मुख्यमंत्री कल राज्य के विधायकों और सांसदों के साथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस

हाईड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा भेजने के भारत के निर्णय पर अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के आभार व्यक्त करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि भारत अमरीका भागीदारी वर्तमान में पहले के मुकाबले सबसे अधिक मजबूत है उन्होंने कहा कि वर्तमान संकट जैसी स्थितियों में मित्रों के करीब आने और एकजुट होने की अधिक आवश्यकता है इससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीतने में मदद मिलेगी इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति ने भारत सरकार और भारत के लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा था कि भारत का एहसान भुलाया नही जा सकता उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुदृढ़ नेतृत्व न केवल भारत के लिए बल्कि इस महामारी से लड़ने में पूरी मानवता के लिए मददगार है

आज नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र कोई कोताही बर्दाष्त नहीं करेगा उन्होंने कहा कि सभी लोग सहयोग करें और लॉकडाउन और सामाजिक दूरी का पालन करें

श्री अग्रवाल ने बताया कि लोगों की सहायता के लिए राज्य सरकारें बेहतर काम कर रही हैं राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए धनबाद जिले की पुलिस ने लॉकडाउन का और अधिक सख्ती से पालन के लिए पहल शुरू कर दी है

रांची के सिविल सर्जन की अध्यक्षता में तीन मेडिकल टीम का गठन कर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है रांची के सिविल सर्जन ने आकाशवाणी को बताया कि मोबाइल टेस्टिंग वैन का इस्तेमाल कर हिंदपीढ़ी इलाके से सभी संदिग्ध लोगों से जांच के नमूने लिये जा रहे है कांटेक्ट ट्रेसिंग के द्वारा पांच नए मरीजों ने लगभग चालीस लोगों के बारे में बताया जो रांची के विभिन्न इलाकों में रहते है इन सभी से बात करके जांच के नमूने देने के लिए प्रषासन द्वारा आग्रह किया जा रहा है

इन नम्बरो पर लोग फोन करते तुरंत आवश्यक सुविधा ले सकते है बोकारो जिले में गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए जिला प्रषासन की ओर से राहत कार्य चलाया जा रहा है पूरे जिले में अस्सी मुख्यमंत्री दाल भात केन्द्र के माध्यम से ऐसे लोगों को भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है

आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि मधुमेह जैसी बीमारियों का सामना कर रहे वरिष्ठ नागरिकों में संक्रमण फैलने की आशंका अधिक रहती है देष में लॉकडाउन और मेडिकल आपातकाल को देखते हए गिरिडीह जिला प्रशासन पुरी तरह गम्भीर है जिले के सभी गरीब और असहाय एवं निर्धन परिवारों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दीदी किचन की शुरुआत की गई है बेंगाबाद प्रखंड के सुदूरवर्ती गाँव कुम्हरिया में आदिवासी बहल लोगों के लिए भी भोजन की व्यवस्था की गई है जिले की तीन सौ पचास पंचायतों में मुख्यमंत्री दीदी किचेन के जरिए गरीब और निर्धन परिवारों को गर्म भोजन मुहैया कराया जा रहा है

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढोत्तरी हुई है और यह समय सतर्क रहकर सरकारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का है उन्होंने कहा आप सभी घर पर रहें सुरक्षित रहें

राज्य सरकार संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार से लगातार परस्पर संपर्क में है इधर मुख्यमंत्री के आग्रह के बाद तमिलनाड सरकार ने गढ़वा के पच्चीस मजदूरों को मदद पहुंचाई गयी है वहां फंसे मजदूरों के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन कर उनके स्वास्थ्य की जांच कर खाद्यान्न व जरूरी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है मुख्यमंत्री कल राज्य के विधायको और सांसदों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बात करेंगे वहीं राज्य मंत्रिमंडल की बैठक रविवार बारह अप्रैल को झारखंड मंत्रालय में आयोजित की गई है

स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि स्वीकृति मिलते ही हजारीबाग में भी जांच की सुविधा सुलभ हो जायेगी

उन्होंने बताया कि आईसीएमआर से रांची के इटकी में जांच मशीन लगाने की स्वीकृति मांगी गई थी लेकिन आईसीएमआर ने एक ही जिले में दो सेंटर की स्वीकृति नहीं दी इसलिए विभाग इटकी की जगह हजारीबाग में जांच मशीन स्थापति करने की मांग करेगी उन्होंने कहा कि पाटलिप्त्र मेडिकल कॉलेज धनबाद में जांच की अनुमति मांगी गई है

इधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज रामगढ़ में प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर बैठक की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

कोरोना संकमण के खतरे को देखते हुए त्योहार में सभी मस्जिदों और इबादतगाहों में नमाज अदा करने पर पाबंदी और कब्रिस्तानों में भी भीड़ न जुटाने की अपील की गयी थी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने घरों में ही नमाज अदा किया शब ए बारात की रस्म अदायगी भी घरों में सामाजिक दूरी बनाकर किया गया और अब संक्षिप्त खबरें पश्चिमी सिंहभूम जिले के पोड़ाहाट जंगलों में सर्च अभियान के दौरान आज पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई मुठभेड़ के दौरान माओवादी जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च अभियान को और तेज कर दिया गया है लातेहार जिले के उपायुक्त ने जिशान कमर ने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सिविल सर्जन को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए

वहीं हजारीबाग की महिला मंडलों द्वारा जेएसएलपीएस की मदद से पीपीई किट का निर्माण कार्य किया जा रहा है अभी तक दो सौ किट हजारीबाग प्रशासन को उपलब्ध कराया जा चुका है